श्री साहू ने कहा कि जिसका नाम मतदाता सूची में होगा वह वोट डाल सकेगा चाहे उसका नाम नागरिक रजिस्टर के अंतिम मसौदे में हो या न हो हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने का उद्देश्य वैध नागरिको को पंजीकृत करना है और इसी प्रक्रिया में अवैध रुप से आए लोगों की पहचान हो सकेगी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कलिंग तायेंग ने कहा कि राज्य च्रनाव आयोग लोक सभा और विधानसभा चुनाव एक साथ आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है निर्वाचन भवन में एक प्रेस मीट को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसके उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए गए है फ्लाईंग स्क्वॉर्ड और स्टेटिक टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है दूरदराज के इलाकों में या केवल पैदल चलने वाले क्षेत्रों में स्थित मतदान केंद्रों के लिए आयोग प्रॉक्सी वोटिंग का प्रतिबंधित करने के लिए कैमरे लगाएगा आयोग ने नागरिकों को अपनी शिकायते दर्ज करने के लिए मंच भी प्रदान किया है

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कलिंग तायेंग ने कहा कि आगामी विधान सभा और लोकसभा चुनावों के दौरान हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए केवल नाहरलगुन हेलीपैड का उपयोग किया जाएगा चुनाव के दौरान अवैध धन की अबाजाही के लिए हेलिकॉप्टर सेवाओं के संभावित दुरुपयोग के बारे में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए नाहरलगुन हेलीपैड पर पर्याप्त उपाय किए गए हैं उन्होंने यह भी बताया कि चॉपर में किसी भी बड़े डिब्बे को ले जाने की अनुमति नहीं होगी यदि चुनाव अधिकारियों को कुछ भी संदिग्ध लगता है तो उन्हें जांच करने का पूरा अधिकार है पहली बार आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नामांकन पत्र भरने से पहले अखबारों में हलफनामों के माध्यम से अपने आपराधिक रिकॉर्ड की घोषणा करनी होगी मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कलिंग तायेंग ने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग द्वारा यह निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत प्रत्येक उम्मीदवार को आयोग द्वारा दिए गए निर्धारित प्रारुप में सभी प्रविष्टियां मिलेगी उन्होंने यह भी बताया कि यदि उम्मीदवार या राजनीतिक दल किसी विशेष आदेश का पालन करने में विफल रहते हैं तो कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने की स्थिति में चुनाव के बाद उम्मीदवारों को आयोग्य घोषित किया जा सकता है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश में कर भूगतान की संस्कृति को बढ़ावा देने में कर प्रशासन में बड़ा बदलाव आया है आज उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय राजस्व सेवा के बहत्तरवें बैच के एक सौ तिहत्तर प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते यह बात कही श्री नायडू ने कहा कि नोटबंदी का महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़ा है उन्होंने कहा कि भारत आज सामान्य मुद्रास्फीति के साथ विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है

जिला चुनाव अधिकारी द्वारा जारी एक आदेशानुसार जिले के सभी लाईंसेंसी हथियार और गोलाबारुध संबंधित पुलिस स्टेशनों में जमा करने का निर्देश दिया गया है उन्होंने बताया कि मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति वीडियों निगरानी और इसकी टीम और व्यय निगरानी समिति का गठन किया गया है एवं अवैध या अधिक बजट खर्च और पैड न्यूज की जांच के लिए भी सेवा शुरु की गई है सेक्टर मजिस्ट्रेट और प्लाइंग स्क्वाड के लिए प्रशिक्षण का पहला चरण कल जीरो में आयोजित किया गया जिला निर्वाचन अधिकारी चुखू ताकर ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारको से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया उन्होंने कहा कि सेक्टर मजिस्ट्रेटों को सेक्टर मैपिंग शुरु करनी होगी और अपने सेक्टरों के साथ खुद को जोड़ना होगा उन्हें संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और जिला चुनाव अधिकारी को इसकी सूचना देना होगा